मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार आज बीकानेर संभाग के अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे एसीबी ने पुलिस की मदद से भ्रष्टाचार के मामले में चार नारकोटिक्स अधिकारियों और कर्मचारियों सहित दो दलालों को किया गिरफ्तार

श्री सिंह ने कथित रूप से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का फिर से चूना जाना देश के लिए जरूरी है और समाज तथा भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को इसके लिए काम करना चाहिए

कांग्रेस के एक नेता ने याचिका दायर कर कहा है कि यह फिल्म दर्शकों और मतदाताओं को लुभाने और प्रभावित करने के इरादे से बनाई गई है फिल्म के निर्माता ने कहा है कि आज होने वाली फिल्म की रिलीज को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है उधर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह इस फिल्म के रिलीज के बारे में आज अंतिम निर्णय लेगा लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की आज जांच होगी सोमवार तक नाम वापस लिये जा सकेंगे

टोंक सवाईमाधोपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याषी नमोनारायण मीणा ने नामांकन भरा पाली से कांग्रेस प्रत्याषी हेमन्त सिंह सिंघवी उदयपुर सीट से सीपीआई के घनष्याम सिंह तंवर और अजमेर से निदर्लीय प्रत्याशी प्रमोद कुमार ने अपना पर्चा भरा कोटा सीट से भाजपा के उम्मीदवार ओम बिडला ने भी अपना नामांकन दाखिल किया जोधपुर बांसवाडा चित्तोडगढ राजसमंद भीलवाडा और झालावाड़ बारां सीट पर कोई नामांकन नहीं भरा गया है

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम और विभाग के अन्य अधिकारियों सहित संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर तथा पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे गौरतलब है कि इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोधपुर उदयपुर अजमेर कोटा और जयपुर संभाग में चुनाव तैयारियों का जायजा ले चुके है

कल टोंक में कांग्रेस प्रत्याशी नमोनारायण मीणा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि भाजपा कांग्रेसमुक्त भारत की बात करती है लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो पाएगा मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों किए गए कामों को भी गिनाया सभा को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे सहित पार्टी के कई नेताओं ने संबोधित किया वहीं कोटा में भाजपा प्रत्याशी ओम बिड़ला के नामांकन से पहले आयोजित जनसभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में बडे बडे वादे किए लेकिन कोई भी पूरा नहीं किया सभा को भाजपा नेता प्रभूलाल सैनी और ओम बिड़ला ने भी संबोधित किया उधर भाजपा के जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से प्रत्याशी और केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्द्वन राठौड ने जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से संवाद किया और जनसंपर्क भी किया

कार्यक्रम में महिलाओं से अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई इधर बाडमेर में मतदाता जागरूकता के लिये विभिन्न उपाय किये जा रहे है इसके तहत जिले में चल रहे तिलवाडा पश् मेले में सैकडो ऊंटों की मदद से भारत का नक्शा बनाकर लोगों को मतदान करने का संदेश दिया गया

यह वर्ष रेल दुर्घटनाओं के हिसाब से सबसे सुरक्षित साल रहा रेल मंत्रालय के अनुसार रेलवे ने यह उपलब्धि पिछले पांच वर्षो में रेल परिचालन में सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए लागू किये गये ठोस और व्यापक उपायों के कारण हासिल की है

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि रेलवे प्रशासन द्वारा समय समय पर टिकट चैकिंग अभियान चलाये जाते है

इसमें पुलिस शिक्षा स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकाय सोसायटी का सहयोग करेंगे सोसायटी के अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए वाहन चालकों की कार्यशाला का आयोजन पुलिस थानो में किया जाएगा इसके बाद प्रशिक्षण लेने वाले वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनने की शपथ दिलाई जाएगी इसके साथ ही उन्हें बाजार से आधी कीमत में उच्च गुणवत्ता का हेलमेट उपलब्ध कराया जाएगा सोसायटी अजमेर के अलावा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ राजसमंद और उदयपुर में अभियान चलाएगी

एसीबी के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में यादव के साथ चित्तौडगढ़ में ही कार्यरत सबइंस्पेक्टर भानुप्रताप सिंह हवलदार प्रवीण सिंह वरिष्ठ सहायक रामविलास मीणा और दो दलाल छगनलाल जाट तथा किशन शामिल है एसीबी ने आरोपियों से बड़ी मात्रा में नकद राशि अवैध शराब मादक पदार्थ तथा भूमि के दस्तावेज बरामद किये है एसीबी के अनुसार आरोपी दलालों के माध्यम से अफीम काश्तकारों से अवैध उगाई करते थे